एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल बाजार में ज्यादा और ऊंची दरों पर अपनी फसलें बेची हैं श्री जावड़ेकर ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एम एस पी अभी जारी है और मंडिया काम कर रही हैं तथा फसलों की सरकारी खरीद भी चल रही है इधर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी नए कृषि कानून को किसानों के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा कि इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी वहीं खेती के साथ व्यापार कर सकेंगे

इधर प्रदेश में कोरोना के नये मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है

जानना जरूरी है प्रादेशिक समाचारों में आज से हम एक नई श्रृंखला जानना जरूरी है शुरू कर रहे हैं जिसके तहत हम कृषि विधेयक के संबंध में फैलाये जा रहे भ्रम और इसकी सच्चाई से रूबरू करायेंगे पहला झूठ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ना देने के लिए कृषि बिल साजिश है जबकि सच यह है कि कृषि बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है एमएसपी मूल्य मिलता रहा है और मिलता रहेगा

इस अवसर पर प्रदेश में भी गुरुद्वारों में खास सजावट की गई है हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते नगर कीर्तन और लंगर का सीमित आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर गुरू नानक देव जी को नमन किया है अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि गुरू नानक देव जी के विचार हमें समाज की सेवा करने और बेहतर जीवन के लिए प्रेरित करते रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरुनानक देव जी की दिखाई राह पर हम सब चलें और अपने साथ दूसरों के जीवन में भी सुख शांति आनंद की ज्योत प्रज्ज्वलित करें पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी प्रदेशवासियों को प्रकाशोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं टीकमगढ़ में गुरू पर्व पर लंगर की जगह प्रसाद की पैकेट बांटने की व्यवस्था की गई है जिससे कि भीड़ इकटठा ना हों सागर में कलेक्टर दीपक सिंह ने गुरूद्वारा पहुंचकर पुष्प अर्पित किए और नमन किया

कल ऐसे ही कुछ युवाओं को खुली जेल में चार घंटे रहकर कोरोना विषय पर निबंध लिखना पड़ा

इस बुलेटिन के अंत मे एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी